उन्होंने कहा कि कांग्रेस बौखलाहट में उनकी गौरव यात्रा रोकने की कोशिश कर रही है कल अलवर जिले के रामगढ़ में एक आमसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में लागू की गई भामाशाह योजना के कारण भ्रष्टाचार पर रोक लगी है श्रीमती राजे की गौरव यात्रा आज कोटप्रतली और नीम का थाना में पहुंचेगी

श्री मोदी ने एक ट्वीट संदेश में लोगों से नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव देने का आग्रह किया

रिकॉर्ड किए गए कुछ संदेशों को कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा

चौथे चरण के कार्य भी लगभग पूरा होने को है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना गांव वालों के लिये वरदान साबित हो रही है

चुरु में कल नेचर पार्क का लोकार्पण किया गया पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ ने इस पार्क का लोकार्पण किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह पार्क आमजन के लिये उपयोगी रहेगा और इससे पार्क में आने वाले लोगों का स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा

व्यवसायी की शिकायत पर रातानाडा थाना पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है पुलिस ने होटल प्रबंधन से सीसीटीवी रिकॉर्ड मांगा है भरतपुर मथुरा मेगा हाईवे पर धोरमुई के पास आरटीओ चेक पोस्ट पर आज तड़के खड़े ट्रक में एक निर्जी बस ने टक्कर मार दी

सभी घायलों को आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया दुर्घटनाग्रस्त बस जयपुर से अलीगढ़ जा रही थी बंगाल की खाडी में पैदा हए चकवात के कारण सोमवार तक प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर तेज बरसात हो सकती है

विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को इस संबंध में आपदा प्रबंधन से जुड़ी आवश्यक तैयारियां रखने को कहा है इस बीच कल प्रदेश में कई स्थानों पर मौसम में अचानक बदलाव आया धौलपुर सवाईमाधोपुर झालावाड़ और राजधानी जयपुर में ब्रंदाबांदी हुई एशिया कप क्रिकेट में सुपर फोर के मुकाबले में दुबई में कल भारत ने बंगलादेश को सात विकेट से हरा दिया